मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने रुद्रपुर में चुनावी तैयारियों का किया निरीक्षण

अमित शाह रैली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तरकाशी में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों गिनाया साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किये उमर अब्दुल्ला के दो प्रधानमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि देश के ट्कड़े करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ मोदी सरकार ही सुरक्षित रख सकती है श्री शाह ने उत्तराखंड को वीरों की भूमि बताते हुये कहा कि यहां का जवान देश की रक्षा करता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक साल में वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया उन्होंने कहा कि राज्य का विकास तेजी से हो रहा है चारों धाम को जोड़ने वाली ऑलवेदर रोड प्रदेश की भाग्य रेखा बनने वाली है कांग्रेस प्रचार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा से प्रत्याशी प्रीतम सिंह भी प्रचार में जुटे हुए हैं उन्होंने चंबा में जनसम्पर्क करने के साथ ही चुनावी सभा को संबोधित किया इस दौरान विभिन्न दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हए इसके अलावा प्रीतम सिंह ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के मेहंवाला बुलाकीवाला पश्चिमवाला में भी जनसभाए की इस दौरान उनके साथ कई पार्टी नेता भी साथ थे कांग्रेस नेता मातबर सिंह कण्डारी ने भी गणेशपुर नयागांव परवल सिंहनीवाला सभावाला बद्रीपुर धर्मावाला सहसपुर विधानसभा में टिहरी संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी प्रीतम सिंह के लिए वोट मांगें अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने कपकोट और बागेश्वर में रोड शो किया और चुनावी सभा की

इस दौरान उन्होंने परिवर्तन के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे

अल्मोड़ा पहुंचे थावरचंद गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में आतंकवादियों देशद्रोहियों माओवादियों और नक्सलियों पर कार्रवाई का अधिकार समाप्त करने की घेषणा की है वहीं बसपा ने भी कांग्रेस के मेनीफेस्टों को झूठा करार दिया है कोश्यारी जनसभा भाजपा के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी ने पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत के पक्ष में आज थराली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि थराली विधानसभा से उनका पुराना नाता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बहत विकास किया है

मनीष खंडूड़ी गोपेश्वर पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंड्ड़ी ने कल देर शाम चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जनसंपर्क किया मनीष खंडूड़ी जनता के बीच पहुंचे बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और लोगों से वोट की अपील की यहां आयोजित एक जनसभा में उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाये साथ ही कहा कि पहाड़ की समस्याएं जस की तस हैं उन्होंने बेरोजगारी पलायन शिक्षा अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और सड़कों की बदहाली को अपने मुद्दे बताये संवेदीकरण प्रशिक्षण बागेश्वर जिले में दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक लाने में एनसीसी एनएसएस और अन्य वॉलींटियर्स छात्र छात्राएं मदद करेंगे

सभी मतदाताओं का बूथवार चिह्नीकरण कर लिया गया है

इसके अतिरिक्त व्हील चेयर स्ट्रेचर और वाहनों की भी व्यवस्था की गई है उन्होंने वॉलींटियर्स को कहा कि उनके माध्यम से ही जिला प्रशासन दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं को धरातल पर उतार पाएगा

इसके तहत स्कूल कॉलेजों में निबन्ध प्रश्नोत्तरी के साथ ही वॉल पेंटिग के माध्यम से भी लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जिला निर्वाचन आयोग ने मशहूर गायक पवनदीप राजन को स्वीप कार्यक्रम का एंबेसडर बनाया है एक तरफ मतदाताओं को शत प्रतिशत के प्रति जागरूक किया जा रहा है

उन्होंने चुनावकर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने और सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने कानून और शांति व्यवस्था बनाने के लिए राज्य की सीमा पर विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एकीकृत कंट्रोल रूम और स्ट्रॉन्ग रूम का भी निरीक्षण किया

देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान के छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर उत्साह है संस्थान के कार्यवाहक निदेशक नचिकेता राऊत ने बताया कि इस बार दृष्टिबाधित लोगों के लिए मतदान केंद्र को पूरी तरह से सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है इससे बिना किसी की मदद लिए दिव्यांगजन स्वयं अपनी पसन्द के उम्मीदवार को वोट कर सकेगा उन्होंने बताया कि इस बार ब्रेल लिपि में मतपत्र भी बनाये जा रहे है संस्थान के विशेष शिक्षा के समन्वयक कमल वीर सिंह जग्गी ने कहा कि वोट करते समय दृष्टिबाधितों को डमी पेपर दिया जायेगा जो ब्रेल लिपि में होगा जिससे वे भी अपना वोट अपनी मर्जी से गुप्त रख सकेंगे

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है

मान्यता है कि यात्रा में भाग लेने मात्र से ही पापों से मुक्त होकर पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस यात्रा में हजारों लोग भाग लेते हैं

इस यात्रा की मान्यता है कि यात्रा पूरी करने पर पाप दूर होते हैं और मनचाहा फल हासिल होता है गंगा स्नान और पूजा अर्चना के बाद वरुणा और गंगा के संगम पर स्थित वरुणेश्वर मंदिर से शुरू होकर बसुंगा के अखण्डेश्वर महादेव साल्ड के जगन्नाथ महादेव और अष्टभुजा ज्वाला देवी ज्ञाणजा के ज्ञानेश्वर महादेव ब्यास कुंड शिखरेश्वर महादेव विमलेश्वर महादेव संग्राली गांव के कण्डारेश्वर महादेव पाटा होते हुए गंगोरी में अंसी और गंगा मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है